टोल इकट्ठा करने के लिए फास्टटैग जिससे ओटोमैटिक पेमेंट करने का प्रावधान है आज से सभी वाहनों की लिए जरूरी हो गया है और यह स्विधा स्बह आठ बजे से श्रू कर दी गई है सरकार ने राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक टोल संग्रह प्रणाली की श्रूआत कर दी है जिससे फास्टटेग के जरिये स्वंचलित अदायगी की जा सकती है इस स्विधा से वाहन चालकों को समय व ईधन की बचत होगी तथा ये प्रद्षण को कम करने में भी लाभकारी होगा फासट टैग के मदद से वाहन को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने के लिए नहीं रूकता पड़ेगा जिससे वाहनों की आवाजाई में कोई रूकावट नहीं आयेगी राष्ट्रीय हाईवे अथारिटी ने सभी टोल प्लाजा को इलैक्ट्रोनिक टोल संग्रह प्रणाली से सुसज्जित कर दिया है

अगर कोइ वाहन चालक फास्टैग लगवाये बिना इलैक्ट्रोनिक टोल कलैक्शन वाली लेन से गुजरता है वो उसे दोगुणा भुगतान करना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के म्ख्य महाप्रबंधक अमरेन्द्र क्मार ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि फास्ट टैग सिस्टम बहत अच्छी तरह से काम कर रहा है इससे अब चालकों को अपने वाहन टोल प्लाजा पर टैक्स देने के लिए रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने नागरिकता कानून पर कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों द्वारा उठाये गये विचारों की आलोचना की है उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां देश के क्छ हिस्सों में उपद्रव व आगज़नी की घटन के पीछे है श्री मोदी आज झारखंड में च्नावी सभा को सम्बोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने झारखंड में गठित विपक्षी मोर्चे की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस के पास देश के विकास हेतु कोई योजना नहीं है श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियो ने सिर्फ अपने हितों के लिए कार्य किया है और उन्हें लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है

भवन का निर्माण हरियाणा पुलिस आवास निगम दवारा किया गया इस निर्माण कार्य के दौरान चार करोड़ रूपये की बचत हुई है उन्होंने कहा कि हरियाणा प्लिस आवास निगम व जिला प्रशासन के सहयोग से यह निर्माण कम लागत में पूरा कियाहै म्ख्यमंत्री ने होडल विधानसभा क्षेत्र की बहत प्रानी मांग हसनप्र से उत्तरप्रदेश की तरफ जाने के लिए यम्ना नदी पर प्ल बनाने का जिक्र करते हये कहा कि इस संर्दभ में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बातचीत की गई है यम्ना नदी के ऊपर हरियाणा प्रदेश के सीमा के अंदर चार नये प्लों के निर्माण को मंजूरी प्रदान गई है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कानून का पालन करने वाली कंपनियों के लिए कि जो आसानी से व्यवसाय कर सके इस दृष्टि से कई कदम उठाये है

दीवालीयापन घोषित करने की प्रवृति को रोकने हेत् कठोर प्रबंध व संस्थायें बनाई जा रही है

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता व जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि है राष्ट्र के निर्माण व जीवन में शिक्षा का अहम महत्व होता है तथा ये जीवन की एक ऐसी पं्जी है जिससे हर समस्या का हल किया जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां शिक्षित हों यह भी अहम है वे आज अम्बाला के एक महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर म्ख्य अतिथि बोल रहे थे इस मौके पर उनके साथ अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे श्री कटारिया ने इस अवसर पर बीएड और एमएड की छात्राओं को डिग्रियां भी वितरित की छात्राओं को सम्बोधित करते हए उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य उन्होंने जीवन में सोच रखा है उस पर वह कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ें निश्चय ही उन्हें सफलता मिलेगी श्री कटारयिा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम श्रू किया था और हरियाणा ने उसमें बेहतर कार्य किया है

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने श्रम विभाग के अधिकारिओं को निर्देश दिए कि वे जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों या अन्य किसी स्थानों पर कैम्प लगाकर श्रमिकों को उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत करवाएं ताकि ऐसे सभी लोग इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें पंचकूला में श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हये द्ष्यंत चौटाला ने कहा कि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की जाए और यदि किसी योजना के तहत निश्चित समयावधि में भ्गतान करने में देरी हो रही है तो उसके अन्य विकल्प तलाशे जाएं ताकि निश्चित समय में श्रमिक को लाभ दियाजा सके इसके अलावा हर श्रमिक को कर्मचारी पहचान पत्र भी दिया जाए

हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के सभी हलके उनके हैं और विकास के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा पूरे हरियाण में बिना भैदभाव व समान रुप से विकास कार्य करवाए जाएंगे इसके अलावा नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा रणजीत सिंह आज अपने धन्यवादी दौरे के दौरान सिरसा जिले के गांवों में आयोजित अभिनंदन सभाओं में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे बिजली मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढावा दिया जाएगा

प्रसार भारती के म्ख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पती ने तकनीकों के आध्निकतम प्रयोग जैसे डायरेक्ट टू मोबाइल को सूचना के प्रसार के लिए उपयोगी बताते हये इसे अपनाने पर बल दिया है आज श्री वेम्पती ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग सोसायटी दवारा हैदराबाद में आयोजित एक समारोह को सम्बोधित कर रहे थे जिसका विषय भविष्य की ब्राडकास्टिंग डायरेक्टर टू मोबाइल है उन्होंने कहा कि ऐसी सूचनायेंजो देश हित की है उसे त्रंत लोगों तक सीधे पहंचाने की जरूरत है और ऐसे में डायरेक्ट टू मोबाइल मदद करेगा जिससे उन्हें सही सूचनायें सही परिपेस्य में मिल सकेगी श्री वेम्पती ने प्रसारकों को नजरीये से लोगों तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट ट्र मोबाइल पर ध्यान देने को कहा है शशि शेखर वेम्पती ने माना कि डायरेक्ट ट्र मोबालइ की महता बढ़ती जा रही है

हरियाणा के के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि खाद्यान्न तिलहन कपास जैसी फसलों की भांति बागवानी फसलों को भी बीमा के दायरे में लाया जाएगा ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति की भरपाई की जा सके कृषि मंत्री आज भिवानी जिला के लोहारू हलके के गावों में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा ले रहे थे हरियाणा के श्रम व रोजगार मंत्री अनूप धानक ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा

हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने कहा है कि जल्द ही राज्य में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है ताकि शिक्षा में स्धार लाया जाए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में शिक्षा का स्तर गिरा है